प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के पचासी नये मामले सामने आये

राज्य में मॉनसून तेरह जून को दस्तक देगा केन्द्र सरकार ने कोविड उन्नीस से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के सिलसिले में कई घोषणाएं की हैं वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नीतिगत और संरचनात्मक सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा केन्द्रीय वित्तमंत्री ने बताया कि आठ क्षेत्रों कोयला खनिज रक्षा उत्पादन नागर विमानन विद्युत प्रेषण कंपनियों अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ढांचागत सुधार किए जाएंगे केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक़्र ने कहा कि देश को कड़ी प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा

श्री ठाक्र ने कहा कि इससे कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ताजा अपडेट में उनचालीस नये मामलों के सामने आने की जाकारी दी है नये मामलों में सबसे अधिक पन्द्रह पूर्णियां जिले से हैं

इससे पहले आज सुबह बांका से अठारह शेखपुरा से नौ जमुई से सात पटना से पांच कटिहार से तीन औरंगाबाद से दो और मुंगेर तथा समस्तीपुर जिले से एक एक मामला सामने आया श्री कुमार ने बताया कि अब तक चार सौ तिरपन रोगी इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं जबकि सात की मौत हुयी है उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक चौवालीस हजार तीन सौ चालीस कोरोना जांच की गयी है जिनमें प्रवासी कामगारों को भी शामिल किया गया है अब तक की जांच में चार सौ अठहत्तर प्रवासी मजदूर संक्रमित पाये गये हैं दिल्ली से आये एक सौ छत्तीस गुजरात से एक सौ ग्यारह महाराष्ट्र से पचासी पश्चिम बंगाल और हरियाणा से तेईस तेईस जबकि उत्तर प्रदेश से आये अठारह मजदूरों में संक्रमण की पुष्टि हुई है इधर पंचायती राज विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के आठ हजार तीन सौ छियासी पंचायतों में से मात्र दो सौ साठ पंचायत ही कोरोना संक्रमण की चपेट में आयी हैं संतानवे प्रतिशत पंचायतें अभी संक्रमण से सुरक्षित हैं प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तब दो हजार दो सौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है वहीं दो हजार पैंसठ प्राथमिकी दर्ज की गयी है प्रलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इकहत्तर हजार से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है वहीं लगभग सोलह करोड़ बावन लाख रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है देश में पिछले चौबीस घंटों में तीन हजार नौ सौ सत्तर नये मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या पचासी हजार नौ सौ पचास हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक तीस हजार एक सौ तिरपन रोगी स्वस्थ हुए हैं इस महामारी से ठीक होने की दर पैंतीस दशमलव अठाईस प्रतिशत हो गयी है वहीं मृतकों की संख्या दो हजार सात सौ बावन हो गयी है प्रदेश में प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है आज चालीस विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां साठ हजार एक सौ सड़सठ प्रवासी कामगारों को लेकर राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची राज्य सूचना और जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने यह जानकारी देते हुये कहा कि कल भी पैंतालीस ट्रेन के जरिये बासठ हजार दो सौ प्रवासी प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचेंगे उन्होंने कहा कि अब तक दो सौ उनतीस विशेष ट्रेनों के माध्यम से दो लाख तेरासी हजार से अधिक लोग बिहार पहुंचे हैं सबसे अधिक सैंतीस ट्रेन गुजरात से आयी हैं श्री कुमार ने कहा कि दिल्ली राजस्थान हरियाणा और अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे विभिन्न स्थानों पर पहुंच रहे कामगारों को उनके गृह जिलों में पहुंचाने के लिए भी ट्रेने चलायी जा रही हैं गोपालगंज से दो जोड़ी ट्रेन जबकि कैमूर से तीन जोड़ी ट्रेनों को परिचालन किया जा रहा है लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रदेशों में फंसे कामगारों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए अब तक एक हजार चौहत्तर विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाई गई हैं ये ट्रेने आंध्र प्रदेश दिल्ली गुजरात हरियाणा महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान तमिलनाडु और तेलंगाना समेत विभिन्न राज्यों से चलायी गयी हैं रेल मंत्रालय ने जानकारी देते हुये बताया कि पिछले तीन दिनों में प्रतिदिन दो लाख से ज्यादा लोग इन रेलगाड़ियों से यात्रा कर रहे हैं आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़कर तीन लाख यात्री प्रतिदिन होने की संभावना है मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले पन्द्रह दिनों में इन श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के माध्यम से चौदह लाख लोगों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया है रेलगाड़ियों में चढ़ने से पहले यात्रियों की पूरी स्क्रीनिंग की जाती है यात्रा के दौरान उन्हें मुफ्त भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाता है उत्तर प्रदेश के औरैया में आज तड़के भीषण सड़क द्र्घटना में बिहार के दो मजदूरों समेत चौबीस मजदूरों की मौत हो गई जबकि पैंतीस अन्य घायल हो गए इनमें पन्द्रह लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है दो की पहचान गया के बाराचट्टी निवासी केदारी यादव और सत्येंद्र के रुप में हुई है अंदेशा है कि हादसे में बिहार के मृतकों की संख्या बढ़ सकती है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दूख व्यक्त किया है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुर्घटना में मारे गये कामगारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है वहीं पूर्वी चम्पारण जिला मोतिहारी के कोटवा में कदमचौक के पास सड़क हादसे में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक और पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा घायल हो गये जानकारी के अनुसार ये दोनों अधिकारी क्वारेंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने जा रहे थे केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने आज देश में कोविड उन्नीस से सबसे ज्यादा प्रभावित तीस जिलों के चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की देश में कोरोना वायरस संक्रमण के अस्सी प्रतिशत मामले इन जिलों से हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया बैठक में वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपायों का ब्लू प्रिंट तैयार किए जाने पर मुख्य रूप मे चर्चा की गयी राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान में श्वसन विभाग के प्रमुख डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने कहा कि सुरक्षित रहने के लिए पूर्णबंदी अवधि में सबको घर पर ही रहना चाहिए बुजुर्गों की विशेष देखभाल करनी चाहिए

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में जरारोग विभाग के अध्यक्ष डॉ ए बी डे ने कहा कि कोविड उन्नीस महामारी ने वरिष्ठ नागरिकों पर विपरीत प्रभाव डाला है उन्हें बार बार हाथ धोने मॉस्क लगाने और घर पर रहने जैसी सभी सावधानियां बरतनी चाहिए उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सकारात्मक रहना चाहिए और अपनी बीमारियों की दवाईयां जारी रखनी चाहिए लॉकडाउन के दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों में काफी खुशी है प्रदेश के कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इससे उनका जीवन आसान हुआ है

इससे पहले ये तिथियां आज शाम को जारी की जानी थी केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि सीबीएसई परीक्षा की तिथियों को अंतिम रूप देने से पहले कुछ तकनीकी पहलुओं पर विचार कर रहा है बिहार पिद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के लिए नियमावली में परिवर्तन किया है अब अनिवार्य विषय में फेल होने पर भी छात्रों का रिजल्ट नहीं रोका जायेगा बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि अगले वर्ष की परीक्षा में अनिवार्य विषय में फेल होने पर अतिरिक्त विषय का अंक उसकी जगह जोड़ा जायेगा भारतीय मौसम विभाग ने मानसून के आगमन का शुरुआती अनुमान जारी कर दिया है दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर सामान्य समय एक जून से चार दिन की देरी से यानी पांच जून को पहुंच सकता है

बक्सर रेलवे स्टेशन से बस के माध्यम से संबंधित क्वारेंटीन सेन्टर ले जाये जा रहे सैंतीस प्रवासी कामगार बस चालक से मारपीट कर भाग गये एसडीएम हरेन्द्र राम ने बताया कि सभी फरार कामगारों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है दरभंगा जिले में प्रवासी श्रमिकों के लिये बनाये गये क्वारंटाइन सेंटर में प्रतिनियुक्त किये गये वासुदेव मिश्र उच्च विद्यालय सिमरी में पदस्थापित शिक्षक प्रवीण कुमार को योगदान नहीं देने पर निलंबित कर दिया गया हैं कोविड उन्नीस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए आईसीएमआर की टीम ने बक्सर जिले के दस गांवों से चार सौ लोगों का रक्त का नमूना लिया है चंगाई स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी जितेन्द्र कुमार ने बताया कि इन नमूनों की प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन किया जायेगा वैशाली जिला अन्तर्गत पटेढ़ी बेलसर के अफजलपुर गांव में बिजली तार के चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई जबकि चार अन्य लोग गंभीर रुप से झुलस गए

प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के पचासी नये मामले सामने आये

राज्य में मॉनसून तेरह जून को दस्तक देगा